बस्तर पुलिस माओवादियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अब स्थानीय बोली में चलाएगी अभियान बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के प्रधान सचिव आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना

कोरोना संक्रमण के कम लक्षण या बिना लक्षणों वाले मरीजों से अपील की गई है कि ये स्वयं के वाहनों से या जिले में उपलब्ध अन्य वाहनों के जरिए अस्पताल पहुंचे संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने कहा है कि संजीवनी एक्सप्रेस या चिकित्सक पैरामेडिकल स्टॉफ और ऑक्सीजन की सुविधा वाले एम्बुलेंस वाहनों से सिर्फ गंभीर मरीजों को ही अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उन्हें समय पर समुचित उपचार मिल सके इस बीच रायपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने रायपुर शहर में जोनवार सैंपलिंग के लिए लक्षय बनाकर कार्य करने को कहा है उन्होंने संर्विलास दलों को व्यक्तियों के ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट परीक्षण के दौरान जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन ने मरीजों को होम आइसोलेशन एम्बुलेंस व्यवस्था और तत्काल सहायता देने के लिए टेलीफोन नंबर जारी किए हैं वहीं रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल में पदस्थ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आरके पांडा ने लोगों से अपील की है कि वे सर्दी खांसी या बुखार आने पर डॉक्टर के पास जाने या कोरोना की जांच कराने से डरे नहीं उन्होंने कहा है कि कोरोना जांच रिपोर्ट पूरी तरह विश्वसनीय है और यदि लक्षण आने के तीन दिनों के भीतर जांच के बाद दवाईयां ले ली जाएं तो मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है

जिला कलेक्टर पीसी एल्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी इस दौरान तेईस सितंबर की रात बारह बजे तक नगरीय क्षेत्र पूरी तरह बंद रहेगा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ ही अर्द्वशासकीय और अशासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी नगरीय क्षेत्र में बस टैक्सी ऑटो और ई रिक्शा के संचालन पर भी रोक रहेगी वहीं दुर्ग जिले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने लगातार चौदह दिनों तक कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को एक हफ्ते तक होम क्वारेटाइन की सुविधा दी है स्वास्थ्यकर्मी संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है उधर महासमुंद जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी वारे ने लोगों से अपील की है कि ये कोरोना के लक्षण होने पर मितानिनों को जानकारी दें वन मंत्री और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजनांदगांव में ऑक्सीजन की जरूरत वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का अनिवार्य रूप से सिटी स्कैन कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है उन्हें घर पर रहकर ही चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराने का विकल्प भी दिया जा रहा है

बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से यह तीसरी बार है जब इस कार्यालय को सील किया गया है वहीं दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी देवी मंदिर में भी माता के दर्शन पर रोक लगा दी गई है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से चार दिनों के लिए श्रद्वालुओं के आने पर रोक लगाई गई है यह प्रतिबंध परसों सत्रह सितंबर तक जारी रहेगा उधर महासमुंद जिले में पिथौरा पुलिस द्वारा शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ऐहतियात बरतते हुए इस थाने में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच कराई जाएगी इस बीच खबर मिली है कि बलरामपुर के कोविड अस्पताल से एक कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया जिसे कुछ देर बाद ही पुलिस ने पकड़ लिया इधर भिलाई नगर के जुनवानी स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों को इलाज के दौरान भावनात्मक सम्बल भी प्रदान किया जा रहा है अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को उनके परिजनों से फोन पर बात कराई जाती है ताकि वे अकेलापन न महसूस न करे कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है केन्द्रीय राज्यमंत्री और सरगुजा से सांसद रेणुका सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए स्वयं इस बात की जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि संसद की कार्रवाई में भाग लेने से पहले उन्होंने कोरोना जांच कराई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है उन्होंने पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना संक्रमण की जांच कराने का आग्रह किया है इस बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ दो चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वहीं राज्य में कल रात तक कोरोना संक्रमण के तीन हजार तीन सौ छत्तीस नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक अड़सठ हजार से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं फिलहाल लगभग चौंतीस हजार मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं करीब तीस हजार मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं रमन सिंह कोरोना बयान द्सरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए न तो संसाधन उपलब्ध करा पा रही है और न ही संक्रमण के फैलाव को रोक पा रही है डॉक्टर सिंह ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है केन्द्र प्याज निर्यात केन्द्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि प्याज के प्रत्येक किस्म के निर्यात पर पाबंदी लगायी गयी है वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय आयात निर्यात संबंधी मुद्दों पर नजर रखता है संक्रमणकालीन व्यवस्था के प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे केन्द्र मर्ती खंडन केन्द्र सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है पत्र सुचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि यह खबर ग्रमराह करने वाली है कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं

राज्य हथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ मार्यादित द्वारा गठित इस समिति में चार सदस्य हैं यह समिति प्रे मामले की जांच कर पन्द्रह दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी इस बीच शिकायत मिलने के बाद हथकरघा संघ के प्रबंध संचालक राजेश सिंह राणा ने गणवेश प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है गौरतलब है कि राज्य के ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने गणवेश सिलाई का कार्य राज्य के कारीगरों के बजाय दूसरे राज्यों के कारीगरों को देने की शिकायत पर इस मामले की जांच कराने के निर्देश दिए थे हथकरघा संघ के प्रबंध संचालक श्री राणा ने बताया कि यह शिकायत मिली थी कि कुछ महिला स्व सहायता समूहों ने यह कार्य स्वयं न कर दूसरे राज्यों के कारीगरों से कराया है माओवादी गिरफ्तार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने चार माओवादियों और इनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि जिला पुलिस बल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के संयुक्त दल ने इन माओवादियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गए माओवादियों पर कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है बस्तर पुलिस अभियान बस्तर पुलिस ने अब माओवादियों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाने का फैसला लिया है इसके तहत पुलिस जवान बस्तर के गांव गांव में जाकर स्थानीय बोली के जरिए माओवादियों की आदिवासी विरोधी मानसिकता को उजागर करेंगे बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि इस अभियान के लिए स्थानीय बोली में पोस्टर और पॉम्पलेट भी तैयार किए गए हैं यह जागरूकता अभियान बस्तर त माटा और बस्तर चो आवाज़ नाम से चलाया जा रहा है पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि अब यह तय किया गया है कि बस्तर की लोक बोलियों में ही बैनर पोस्टर शॉर्ट फिल्म और गीत संगीत जैसी गतिविधियों के जरिए स्थानीय लोगों तक माओवादियों की असलियत पहुंचाई जाएगी उन्होंने बताया कि अभियान के माध्यम से स्थानीय माओवादी मिलिशिया कैडर्स और माओवादियों के सहयोगियों को हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा आलोक शुक्ला संविदा नियुक्ति याचिका बिलासपुर उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है एक भाजपा नेता ने डॉक्टर शुक्ला की संविदा नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताते हुए रिट याचिका दायर की थी न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की बैंच ने आज इस मामले की सुनवाई की डॉक्टर शुक्ला के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने संविदा भर्ती नियम के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ही यह नियुक्ति की है ट्रेन सुविधा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने तीन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब हफ्ते में तीन दिन करने का निर्णय लिया है मुंबई हावड़ा और हावड़ा अहमदाबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनें सप्ताह में तीन दिन चलेंगी इन ट्रेनों की समय सारिणी और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कल से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा इस दौरान जोन और मंडल स्तर पर स्वच्छता पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी इनमें प्रमुख रूप से यात्रियों को जागरूक करने के अलावा स्कूली बच्चों के लिए स्वच्छता पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में पखवाड़े के दौरान रेल कर्मचारी स्वच्छता की शपथ लेंगे साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म ट्रैक और रेलवे कॉलोनी में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत यह पखवाड़ा तीस सितंबर तक चलेगा अभियंता दिवस देश आज अभियन्ता दिवस मना रहा है यह दिन विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने आज भारत रत्न से सम्मानित अभियंता एम विश्वेश्वरैया को श्रद्वांजलि अर्पित की श्री नायडू ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निमाने वाले इंजीनियरों को बधाई देते हुए उनसे देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने का आह्वान किया केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाह ने भी एम विश्वेश्वरैया को श्रद्वांजलि दी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इंजीनियर किसी भी समाज के मजबूत स्तम्भ होते हैं मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना है रायपुर रिथत मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है इसके साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा भी सक्रिय है इसके असर से राज्य के मौसम में बदलाव आएगा हालांकि अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है संक्षिप्त समाचार राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए कल से ऑनलाईन कक्षाएं शुरू की जाएंगी इन कक्षाओं की समय सारिणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के दस अधिकारियों को नई पदस्थापना दी है राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का आज सैंतीसवां स्थापना दिवस है इस मौके पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और शहरों में स्थित कांग्रेस कार्यालयों में पार्टी का झंडा फहरा गया बीजापुर जिले के पुलिस लाइन में पदस्थ सीएएफ का एक जवान लापता हो गया है यह जवान बिलासपुर जिले का रहने वाला है और इसकी तलाश की जा रही है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर बालोद जिले में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने उपवास रखकर सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया है महासमुंद जिले की सिरपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है चिटफंड कंपनियों की ठगी का शिकार हुए निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा इकाई के बैनर तले धमतरी और महासमुंद सहित अनेक जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया